ऐसे में देश के सामने प्रधानमंत्री पद के लिए नरेन्द्र मोदी के अलावा कोई विकल्प नहीं है शिमला से जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अपने पांच वर्ष के कार्यकाल में एक दिन भी छुट्टी नहीं ली और सभी महत्वपूर्ण त्यौहार सीमाओं पर तैनात सैनिकों को साथ मनाए जयराम ठाक्र ने कहा कि इसके विपरीत कांग्रेस नेताओं ने अपने कार्यकाल में सिर्फ राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे मेँ डालने का कार्य किया है भाजपा नेता ने कहा कि प्रधानमंत्री के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के हवाले से कथित आपत्तिजनक बयान पर राहुल गांधी को आखिरकार अदालत में बिना शर्त माफी मांगने पर मजबूर होना पड़ा है मुख्यमंत्री इस बीच मुख्यमंत्री ने सिरमौर जिले में शिलाई विधानसभा क्षेत्र के रोहनाट में आज चुनावी जनसभा को संबोधित किया उन्होंने कहा कि प्रदेश की वर्तमान सरकार सत्ता सम्भालते ही ईमानदारी से प्रदेशवासियों की सेवा करने का प्रयास कर रही है जबकि पूर्व कांग्रेस सरकार ने विकास के नाम पर लोगों को गुमराह किया है जयराम ठाकर ने कहा कि प्रदेश सरकार ने जो घोषणाएं की थी उन्हें पूरा किया गया है

उन्होंने शिमला संसदीय क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी सुरेश कश्यप के लिए लोगों से सहयोग मांगा

भाजपा व कांग्रेस दोंनों ही प्रमुख राजनीतिक दलों के नेता व स्टार प्रचारक अपने अपने प्रत्याशियों के पक्ष में चुनाव प्रचार में जुटे हैं इसी के तहत वरिष्ठ भाजपा नेता व प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल मण्डी में चुनावी जनसभा को सम्बोधित करेंगे जबकि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ऊना में रैली के माध्यम से चुनाव प्रचार करेंगे इधर मण्डी संसदीय क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी रामस्वरूप शर्मा ने आज मण्डी सदर निर्वाचन क्षेत्र से विभिन्न स्थानों पर जनसभाओं को सम्बोधित किया इस मौके उन्होंने पूर्व मंत्री पंडित सुखराम व अनिल शर्मा को विकास के नाम पर श्वेत पत्र जारी करने की चुनौती दी है उधर हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से पार्टी प्रत्याशी अनुराग ठाकुर ने ऊना निर्वाचन क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर पार्टी अध्यक्ष सतपाल सत्ती के साथ चुनाव प्रचार किया इस मौके उन्होंने कहा कि कांग्रेस सहित पूरे विपक्ष द्वारा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के खिलाफ चलाए जा रहे दुष्प्रचार का जवाब जनता लोकसभा चुनाव में देगी अनुराग ठाकर ने कहा कि मोदी सरकार ने योजनाओं के सफल क्रियान्वयन से हर वर्ग की जिन्दगी में बदलाव आया है

तीरथ सिंह रावत ने बताया कि वे एक ही दिन में चम्बा बिलासपुर और नाहन में तीन चुनावी जनसभाएं करेंगे उन्होंने कहा कि पांच साल में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने विभिन्न योजनाओं के माध्यम से देश के आम गरीब वर्ग को लाभान्वित किया है बाद में तीरथ सिंह रावत ने चौगान में भाजपा नेताओं व कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और अमित शाह की रैली की तैयारियों का जायजा लिया सत्ती प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतपाल सत्ती ने कहा है कि पूरा देश नरेन्द्र मोदी को दोबारा प्रधानमंत्री बनाने के लिए एकजुट है और विपक्ष जन भावनाएं समझने में नाकाम रहा है

सत्ती ने कहा कि विविधताओं वाले देश भारत में नरेन्द्र मोदी राष्ट्रीय एकता का सूत्र बन गए हैं स्वीप लोकतंत्र के सबसे बड़े महापर्व में लोगों को मतदान के प्रति जागरूक करने और वोट प्रतिशत बढ़ाने के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं इसी के तहत सोलन जिला प्रशासन द्वारा बघाटी भाषा में निमंत्रण पत्र छपवाकर कसौली व सोलन निर्वाचन क्षेत्रों में लोगों को बांटे जाएंगे सोलन के एसडीएम रोहित राठौर ने बताया कि विधानसभा चुनाव के मुकाबले लोकसभा चुनाव में वोट प्रतिशत कम रहता है ऐसे में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए ये पहल की गई है लोगों का कहना है कि प्रशासन की ये पहल कारगर साबित होगी उधर ऊना विधानसभा क्षेत्र की मलाहत पंचायत और लोअर देहलां में मतदाता जागरूकता शिविर लगाया गया